आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके समक्ष जो प्रार्थना पत्र आते हैं उस पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का उन्हें अधिकार है संसदीय लोकतंत्र में सभी संवैधानिक संस्थाओं का कार्य उल्लेखित किया हुआ है अयोग्यता कानून के तहत उच्चतम न्यायलय की संविधान पीठ ने भी यह स्पष्ट किया है कि स्पीकर द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व उसे चुनौती नहीं दी जा सकती लेकिन हाल ही में उनके द्वारा जारी किये नोटिसों को कुछ सदस्यों द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी जो संवैधानिक संकट पैदा कर सकती है

मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलवर में आज से कोरोना जांच की सुविधा शुरू की जा रही है केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि केन्द्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ईएसआईसी और भविष्य निधि के लाभ सुनिश्चित करने की योजना बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है

उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले कामगारों की संख्या का एक डेटा बैंक भी बनाएगा

हालांकि पारम्परिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न कराए जाएंगे पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बारां टीम ने झालावाड़ जिले के मनोहरथाना में कार्रवाई करते हुए जेटीए और एक दलाल को सात हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ़्तार किया है एसीबी निरीक्षक ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि यह राशि नरेगा के निर्माण कार्य के मुल्यांकन करने की एवज में ली गई थी

सवाई माधोपुर जिले में भी महिलाओं और युवतियों द्वारा शंकर और पार्वती की पूजा की जा रही है तथा घरों में पकवान बनाए जा रहे हैं